इसको लेकर गुर्जर समाज के नेताओं और लोगों का जुटना शुरू हो गया है प्रशासनिक अधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं शांति बनाए रखने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है जो क्षेत्र पर निगरानी रख रहे है कलेक्टर और एसपी भी क्षेत्र का दौरा कर शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं

इसके तहत इंटरनेट सेवाए बंद कर दी गई हैं साथ ही अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

और अब प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता को लेकर जनता का जनता के नाम संदेश आज सुनिए श्रीगंगानगर से हमारे श्रोता राजेन्द्र सिंह का संदेश

शक्ति रूपा देवी दूर्गा की आराधाना का अनुष्ठान नवरात्र आज से शुरू हो गया है प्रदेश में नवरात्र उत्सव विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है

बांसवाड़ा के शक्ति पीठ त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में ट्रस्ट पदाधिकारियों की मौजूदगी में घट स्थापना की गई कोरोना महामारी के चलते मंदिर के बाहर से ही दर्शनों की व्यवस्था की गई है हालांकि जयपुर में प्रमुख शक्ति पीठ आमेर स्थित शिला माता का मंदिर और सीकर में जीण माता का मंदिर इस दौरान दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं आज अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है यह दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने समझने तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों का मौका देता है इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि हमें गरीबी भिटाने के लिए एक नए साझा प्रयास की जरूरत है और हमें एक समता मूलक समाज के निर्माण करने की आवश्यकता है